प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घाषणा की है कि केन्द्र सरकार आगामी पांच वषों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत देश के हर घर तक पेय जल पहुंचाने के लिये तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी औरंगाबाद में स्व सहायता समूहों के राज्य स्तरीय सक्षम महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन महिलाओं को दूर से पानी लाने के कठिन परिश्रम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरु किया गया है

इस मिशन के तहत पानी बचाने के लिए घर घर पानी पहुंचाने के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध हुआ है ये तय किया गया है कि आने वाले पांच वर्ष में लगभग साढे तीन लाख करोड़ रूपए इस अभियान पर खर्च किए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक समूह की एक महिला को एक लाख रुपये का ऋण मिलेगा और इससे उन्हें नया उद्यम शुरु करने और अपना व्यवसाय बढाने में मदद मिलेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में कई ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का केन्द्रशासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन कर सरकार ने महत्वपूर्ण फसला किया है

उन्होंने कहा कि किसानों गरीबों श्रमिकों अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के उत्थान के लिये भी कई फसले लिये गय श्री जावडेकर ने कहा कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये कई भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिया गया है

उन्हाने कहा कि सबके लिये आवास जल जीवन मिशन आय्ष्मान भारत उज्जवला योजना तीन तलाक पर प्रतिबंध और किसानों की आमदनी को दोगुना करने जैसी विभिन्न योजनाओं पर सरकार काम कर रही है इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के सभी छह करोड़ सैंतीस लाख किसानों को शामिल कर लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम को सरकार के सौ दिन पूरे होने पर बधाई दी है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्णायक और क्षमतावान नेतृत्व में यह संभव हो सका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम में प्रबंधन गुरूओं से नेतृत्व विकास के गूर सीखे संस्थान ने मंथन नाम से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किया है जिसमें प्रबंधन और सुशासन के साथ साथ नतिक राजनीतिक सूत्र भी दिये गये इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन सीखने के लिये होता है और जीवन की हर घटना से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिलती ह श्री योगी ने कहा कि सीखने के लिये जहां कहीं भी अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो सकते हैं गौरतलब है कि पहली बार किसी राज्य ने देश में अपने राजनीतिक नेतृत्व की दक्षता के लिये देश के श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान से प्रशिक्षण लेने का फैसला किया है प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की जांच के साथ साथ महिला सुरक्षा के मद्देनज़र जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने का फसला किया है कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एक बैठक म इस आशय का निर्देश अधिकारिया को दिया उन्होंने कहा कि पोषण माह के लिये सरकारी तंत्र का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिये बैठक में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश में पोषण अभियान की जानकारी ली और केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया उन्होंने कहा कि पोषण संबंधी योजनायें आंगनबाड़ी केन्द्रों के जरिये प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं इसलिये इन केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था और टॉयलेट की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाए श्रीमती ईरानी ने अति कुपोषित बच्चों को उचित पुष्टाहार देने के लिये कैलेन्डर बनाने और इसकी जानकारी जन प्रतिनिधियों से साझा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया

पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली की अस्थियां आज वाराणसी में गंगा तट स्थित मणिकणिका घाट पर विधि विधान के साथ विसर्जित कर दी गई अस्थि विसर्जन के दौरान स्वर्गीय जेटली की पत्नी बेटी और पुत्र सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे इससे पहले स्वर्गीय जेटली की अस्थि कलश को नगर के भाजपा कार्यालय ले जाया गया जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में देश भर में स्वच्छता से जुड़े अभियान चलाये जा रहे हैं इस अभियान में अपनी भूमिका निभाने के लिये उत्तर रेलवे ने व्यापक कार्यक्रम बनाया है उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से विशेष बातचीत में बताया

स्वच्छता से और सभी स्टेशनों को कवर करने का हमारा ज्लान है इसमें रेलवे कालोनीज़ उनके आसपास के क्षेत्रों उसकी सफाई की जायेगी इसके लिये अधिकारी स्तर पर दस लोगों ने अपने नूडल अफसर नियुक्त किये हैं और इनके द्वारा इन कार्यवाईयों को अन्जाम दिलाया जायेगा

आज मोहर्रम की आठवीं तारीख है इस अवसर पर प्रदश के विभिन्न स्थानों पर मजलिसों नौहाख़्वानी नज़ ओ नयाज़ और जुलूसों का क्रम जारी है जौनपुर में आठ मोहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस परम्परागत ढंग से शहर के नाज़िम खां इमामबाड़े से निकाला गया जो विभिन्न रास्तों से होता हुआ अटाला मस्जिद के करीब स्थित इमामबाड़े पर खत्म हुआ जुलूस में बीस से ज्यादा मातमी अंजुमनों ने भाग लिया इससे पहले मजलिस को सम्बोधित करते हुये जाने माने वैज्ञानिक और शिया धर्मगुरू डॉ कल्बे रज़ा नक़वी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिजनों का शोक इसलिये मनाया जा रहा है कि उन्होंने अपने समय में आतंकवाद के ख़िलाफ न सिफ आवाज उठाई बल्कि अमन और शांति के लिये अपने परिवार को भी कर्बान कर दिया था डॉ नकवी ने कहा कि इमाम हुसैन के अनुयायिओं को आतंकवाद के विरूद्व एकजुट होकर लड़ना चाहिए यही कर्बला के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी इधर लखनऊ में आठवीं मोहर्रम को निकाला जाने वाला जुलूस फातेह ए फ़रात दरियावाली मस्जिद से निकाला जा रहा है अंजुमन रज़ाकारान ए हुसैनी की ओर से निकाले जाने वाले इस जुलूस में मातमी अंजुमनें हाथों में मशाले लेकर नौहाख़्वानी कर रही हैं

श्री जेठमलानी छह बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के लिये चुने गये थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कानून और शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारियां भी निभाई थी इसके अलावा वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने श्री जेठमलानी के निधन पर दुख व्यक्त किया ह इन नेताओं ने कहा है कि उनका निधन विधि क्षेत्र के लिये अपूर्णीय क्षति है